पिछले वर्ष पाच लाख बासठ हजार मरीज़ बिलकुल ठीक हये थे

डा बनवारी लाल बावल विधानसभा क्षेत्र के खंड खोल के गांव ग्मीना शहबाजप्र व पाली में विकास कार्यों का उदघाटन करने उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे

श्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने उपरान्त के ये मन की बात का पहला प्रसारण होगा श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि वो और देशवासी रेडियो के माध्यम से एक बार फिर मिलकर हर्ष और सकारात्मकता सांझा करेंगे श्री मोदी ने ये विश्वास जताया कि लोगों के पास मन की बात पर कहने के लिये क्छ है और वो इस संवाद का इंतजार कर रहे है लोग अपने सुझाव व विचार प्रधानमंत्री के साथ सीधेतोर पर नमो ऐप ओपन फोरम और माई गोव ओपन फोरम के जरिये सांझा कर सकते है

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन तथा म्ख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने सोनीपत में आज जनसंघ संस्थापक डा श्यामा प्रसाद म्खर्जी के बलिदान दिवस का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी उन्होंने एक स्वर में कहा कि डा म्खर्जी के आंदोलन व बलिदान की बदौलत ही भारत एक मजबूत एवं अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ डा श्यामा प्रसाद म्खर्जी के बलिदान दिवस में डा म्खर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं प्ष्पांजलि अर्पित करते हुए मंत्री कविता जैन ने कहा कि हर कार्यकर्ता को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए इस मौके पर मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि देश की आजादी के बाद कश्मीर का देश से अलग होने का अंदेशा था जिसके चलते डा श्यामा प्रसाद म्खर्जी ने आंदोलन किया

हरियाणा के विज्ञान व प्रौदयोगिकी मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी में पांच एकड़ भूमि पर बनने वाले रीज़नल साइस सेंटर की नीव पत्थर रखा इस अवसर पर साई अजयाबघर राष्ट्रीय परिषद और हरियाणा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग दवारा समझौता पत्र पर भी हस्ताक्षर किये गये

इस उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रूचि पैदा करना है केन्द्र और राज्य सरकारे प्रयास कर रही है कि लोगों का विज्ञान में रूझान बढ़े इसी उपलक्ष्य में ग्रूग्राम में साईस सिटी बनाने की भी योजना है राष्ट्रीय विज्ञान केन्द् दिल्ली के निदेशक ने बताया कि म्यूजियम नई तकनोलजी से बनेगा जिसे अभी तक कही और प्रयोग नहीं किया है

अम्बाला के प्लिस अधीक्षक मोहित हांडा ने आम नागरिकों से अपील करते हये कहा है कि राज्य में सडक द्र्घटनओं में होने वाली आकस्क्मिक मौतों से भारी क्षति हो रही है जिस कारण पीडि़त परिवारों को मानसकि व आर्थिक रूप से भी हानि हो रही है इसी के अर्न्तगत राज्य सरकार द्वारा सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाने हेत् अनेकों अनेक प्रयास किये जा रहे है यातायात नियमों की उल्लघंना करने वालों जैसे कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन आदि का उपयोग शराब पर कर गाड़ी चलाना ओवर स्पीड इत्यादि तरीके से वाहन चलाने वालों के लिये जिले में जीरो टोलरेंस डे मनाया जा रहा है

तापमान में आजकल बढ़ोतरी हो रही है

पलवल जिले में लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है जिला कृषि उपनिदेशक डा महाबीर सिह ने आज किसानों को अपील करते हये कहा कि किसान फसल चक्र अपना कर खेती करे ताकि भूमि के घटते स्तर को बचाया जा सके उन्होंने कहा कि जिले में भगोलिक परिस्थितियों के अन्सार औसतन कम वर्षा होती है इसलिये भू जल स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा है ऐसे में पानी की उपलब्धता द्र्लभ है किसान धान व गन्ने की फसल बिजाई न करे दोनों फसलों में पानी की खपत अधिक होती है किसान धान के बजाये अन्य दलहनी व तिलहनी फसलों की बिजाई करें किसान अरहर बाजरा कपास मूंगचना की फसल की बिजाई करें उन्होंने कहा कि फसल चक्र अपनाने से भूमि की उवर्रक शक्ति भी बढ़ेगी और प्राकृतिक संसाधन पानी जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं का जा सकती उसे बचाया जा सकता है उन्होंने बताया कि किसान टपका सिंचाई व फव्वारा विधि से सिंचाई करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अर्थशास्त्रियों व अन्य विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान मिले महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सुझावों से देश के विकास की नई नीति मिलेगी कल रात अपने टिवीटर संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनकी अर्थशास्त्रियों व अन्य विशेषज्ञों के साथ बृहद अर्थव्यवस्था और रोज़गार कृषि एवं स्वास्थ्य जैसे विभागों पर स्खद एवं सकारात्मक बातचीत ह्ई